और मौसम ने ली करवट शिमला समेत क्छ अन्य स्थानों पर वर्षा से तापमान में भारी गिरावट कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश में कोविड नियंत्रण के लिए गठित समितियों को तालमेल व समर्पण भाव से कार्य करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त बिस्तर क्षमता सुजित करने के लिए प्रभावी योजना बनाई जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीज़न उत्पादन में वृद्धि लाने के साथ नए ऑक्सीज़न प्लांट के कार्य में तेज़ी लाने के प्रयास भी किए जाने चाहिएं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑक्सीज़न की कोई कमी नहीं है और विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि मृत्यु दर को कम करने के लिए होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को जल्द अस्पताल में दाखिल किया जाए इससे पहले उन्होंने शिमला में इंडस अस्पताल और सेना अस्पताल का भी दौरा किया ताकि इन अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए इलाज की संभावनाए तलाशी जा सकें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे

इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन व भंडारण संयंत्र लगाना वेटिलेटर एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना कोविड अस्पताल तैयार करना थर्मल स्कैनर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल के निदेशक निप्ण जिंदल ने बताया कि वैक्सीन की डोज आने में अभी कुछ दिनों का समय लग सकता है

ऑक्सीज़न प्लांट शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में स्थापित ऑक्सीज़न प्लांट का आज उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि ये प्लांट कोरोना महामारी के बाद भी अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करेगा

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश में ऑक्सीज़न की कमी नहीं होने दी जाएगी कांगड़ा ऑक्सीज़न कांगड़ा ज़िले के अस्पतालों के लिए बददी से ऑक्सीज़न की नियमित आपूर्ति आज से शुरू हो गई है उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिले के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीज़न की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए ज़िले के कोविड अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता में भी वृद्धि की गई है हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि चम्बा मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई गई है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या एक लाख तक पहुंच गई है

दिशा निर्देश राज्य सरकार ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने का आग्रह किया है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सोशल मीडिया पर सरकार के दिशा निर्देशों संबंधी भ्रामक समाचार चल रहे हैं जो निराधार और तथ्यहीन हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार को टीकाकरण कार्य में तेज़ी लाने की सलाह दी है एक बयान में उन्होंने कहा कि महामारी से लोगों में भय न फैले इसके लिए तेजी से कदम उठाने की ज़रूरत है दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने राज्य सरकार पर टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने में विफल रहने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है और ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन के नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है राठौर ने कहा कि इस महामारी ने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की भी पोल खोल कर रख दी है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं

उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में जनता को संयम और धैर्य रखने की ज़रूरत है मारकण्डा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना काल में छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रही है सोलन ज़िले के राजकीय महिला बहुतकनीकी महाविद्यालय कण्डाघाट में आज शिक्षकों के साथ चर्चा में उन्होंने ये जानकारी दी उन्होंने महाविद्यालय में व्यायामशाला का भी शुभारम्भ किया मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली है और क्छ स्थानों पर दोपहर बाद से गरज के साथ रूक रूक कर वर्षा हो रही है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा का समाचार है मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है

श्रम दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्वभर में मनाया जाता है इसे मई दिवस भी कहते हैं यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कोविड की रोकथाम के लिए गठित समितियों को तालमेल से कार्य करने के दिए निर्देश

और मौसम ने ली करवट शिमला समेत क्छ अन्य स्थानों पर वर्षा से तापमान में भारी गिरावट इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार